इस धमाके में बारह लोग घायल हो गये हैं सर्बानंद सोनोवाल ने गृहमंत्री को ताजा स्थिति की जानकारी दी राजनाथ सिंह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की इस बीच गुवाहाती पुलिस पंजावाड़ी इलाके में एक मकान में छापेमारी कर रही है

जिला प्रशासन के अनुसार अगले आदेश तक ट्रेकर टेम्पों आटो रिक्सा सहित अन्य व्यवसायिक वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन नही किया जाएगा और यात्री बसों का परिचालन राजधानी क्षेत्र के लेखी स्थित आई एस बी टी से सुनिश्चित किया जायेगा

इस वेबसाइट से लोकपाल की कार्य प्रणाली और कामजाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नियम और विनियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया तैयार की जा रही है शिकायतें प्राप्त करने का प्रारुप भी तैयार किया जा रहा है पिछले महीने की सोलह तारीख तक प्राप्त सभी शिकायतें निपटाई जा चुकी है और बाद की शिकायतों पर जांच की जा रही है लोकपाल देश में अपनी किस्म का पहला संस्थान है जिसका गठन सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरिपों की जांच और प्रछताछ के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दो हजार तेरह के अंतर्गत किया गया था

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब मामले की अगली सुनवाई की तिथि पहली जुलाई तक दाखिल करे न्यायालय इस परीक्षा में बैठने के इच्छुक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के कुछ लोगों की याचिका की चुनवाई कर रहा है याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई के इस वर्ष जनवरी में प्रकाशित सीटीईटी परीक्षा के विज्ञापन में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रत्याशियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने की बात शामिल नहीं थी

रिजर्व बैंक ने दिसंबर दो हजार इक्कीस में डिजिटल लेनदेन की संख्या चार गुना से भी अधिक बढ़कर आठ हजार सात सौ सात करोड़ होने की उम्मीद जताई थी बुधवार को आरबीआई ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन दो हजार उन्नीस इक्कीस विषय पर विज्ञप्ति जारी की इसका मूल उद्देश्य सशक्त असाधारण भुगतान अनुभव था

इसी को ध्यान में रखते हुए ईस्ट सियांग जिले के सिले में रेशम पालन केंद्र की स्थापना की गई है यहा पर क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जोरहाट के वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है रेशम पालन से किसानों विशेषकर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलते है और उनकी आमदनी भी बढ़ती है केंद्र और राज्य सरकार भी अरुणाचल में रेशम पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाया जा सके

इस अवसर पर विभिन्न आयुवर्ग के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया हमारे संवाददाताओं से बातचीत के दौरान अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के अध्यक्ष किपा अजय ने कहा कि राज्य में फुटबॉल के विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान और कम उम्र से ही बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना जरुरी है

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया